आज शिमला से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर व ऊना के पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधी कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने भी सामूहिक रूप से कोरोना महामारी से लड़ने उचित देखभाल और सावधानी बरतते हुए महामारी के साथ जीवन जीने की कोशिश करने का आग्रह किया है जयराम ठाकर ने आग्रह किया कि पंचायत प्रधानों को होम क्वारंटीन के लिए ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए जिनेके पास सीमित आवास सुविधा उपलब्ध है

नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में आज नर्सों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में नर्से समाज को बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में संक्रमण के खतरे के बावजूद नर्से जाने की परवाह किए बिना अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं ऊना में भी सामाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के श्रमिकों को हर संभव सहायता दे रही है मनाली में आज प्रवासी श्रमिकों व लोगों की समस्याए सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कुल्लू ज़िले में भी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है मार्ग जनजातीय क्षेत्र पांगी को चंबा मुख्यालय से जोड़ने वाले चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग की बहाली के कार्य का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसेराज ने आज जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मार्ग के खुलने से पांगी घाटी सड़क मार्ग के साथ भी देश के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ जाएगी उधर सर्दियों में भारी बर्फबारी से अवरूद्व मनाली लेह मार्ग को खोलने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा युद्व स्तर पर किया जा रहा है लाहौल स्पिति के उपायुक्त केके सरोच ने उम्मीद जताई कि ये मार्ग करीब एक सप्ताह में बहाल हो जाएगा रेलगाड़ी दक्षिण भारत में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर विशेष श्रमिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल दोपहर ऊना पहंचेगी इसके माध्यम से प्रदेश भर के करीब आठ सौ लोग ऊना आ रहे हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उतरने मैडिकल स्क्रीनिंग और खान पान सहित इन्हें विभिन्न जिलों में पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गई है

उपायुक्त के अनुसार किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर साईन बोर्ड लगाए जा रहे हैं

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है प्रधानमंत्री का ये संबोधन आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर क्षेत्र के बजरोल और पॅलभू में दो मामले पॉजिटिव आए हैं ये दोनों व्यक्ति हाल ही में दिल्ली से वापिस लौटे थे

सख्ती इस बीच कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सुजानपुर के बजरोल और पलमू गांव के आसपास को क्षेत्र को सील कर दिया गया है इसी तरह पंचरूखी क्षेत्र में एक पुलिस कर्मी के कोर्राना पॉजिटिव आने को बाद पंचरूखी पुलिस थाना और पुलिस आवासों को सील कर दिया गया है प्रशासन ने लोगों से सजग रहने की अपील की है